बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संचालन को बेहतर बनाने के उददेश्य से इनकी विभिन्न श्रेणियों के विलय का फैसला किया है साथ ही प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ करने और उसके ग्राहकों का भरोसा बढाने के लिए एक केन्द्रीय संगठन के गठन का भी निर्णय किया गया है द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी होने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्विट में कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे कारोबारियों तथा घर के खरीददारों को सस्ता कर्ज उपलब्ध हो सकेगा

कार्यक्रम में श्री गहलोत ने जयपुर में गांधी संग्रहालय और शोध संस्थान बनाये जाने और शांति विभाग शुरू करने की भी बात कही राज्य में पूर्ण शराबबंदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि जिन राज्यों में पूर्ण शराबबदी है वहां शराब की तस्करी और अवैध शराब की बिक्री ज्यादा हो रही है

कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया

समारोह की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने की

गौरतलब है कि यह संस्थान लोगों को गुणवत्तापूर्ण होम्योपेथी सेवायें प्रदान करेगा यहां त्वचा जोड़ और श्वास रोग के लिये मल्टीस्पेशलिटी क्लिनिक सहित विभिन्न जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी राज्य में आज से किसानों के लिए सहकारी फसली ऋण माफी शिविर शुरू हुए ये शिविर नौ फरवरी तक चलेंगे इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्जमाफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर लगाए जा रहे हैं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के सिरसी गांव में कर्ज माफी प्रमाण पत्र कार्यक्रम की शुरूआत की और किसानों को प्रमाण पत्र दिए श्री पायलट ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था और सरकार बनने के दो दिन में ही इस बारे में फैसला कर लिया गया

झालावाड़ के केन्द्रीय सहकारी बैंक की बकानी शाखा में ऋण माफी शिविर लगाया बीकानेर की खाजूवाला पंचायत के सामरदा में विधायक गोविंद राम मेघवाल की मौजूदगी में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए गए

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

आज लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री सिंह ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि राजस्थान और छतीसगढ के कुछ दूरदराज और जटिल क्षेत्रों को छोडकर पूरे देश के सभी इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है

हमारे झूंझनू संवाददाता ने बताया कि सप्ताह के तहत शहर में आज एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया एसपी गौरव यादव की पहल पर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया गया ताकि वे खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझें और दूसरे भी इनसे प्रेरणा ले सकें

ड्रंगरपुर में मीडियाकर्मियों और बार एसोसिएशन की तरफ से सड़क सुरक्षा को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया

भरतपुर में सुबह से ही आसमान में घनघोर घटाएं छाई रही और दोपहर बाद अचानक बरसात शुरू हो गई बरसात के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर बढ गया बूंदी बीकानेर पाली और चूरू में भी शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित रहा नागौर में धूलभरी हवा चलने से लोग परेशान रहे

इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तरप्रदेश से भी सैंकड़ों किसानों ने शिरकत की मेले के दौरान किसानों को सरसों की खेती में लगने वाले रोग और उनके बचाव के बारे में जानकारी दी गई साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन कर उन्नत फसल के बारे में जानकारी दी गई